मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रतापगढ़ में कांग्रेस की इंद्रा देवी तथा हनुमानगढ़ में सत्तारूढ़ दल की कविता जिला प्रमुख निर्वाचित हुई चित्तोड़गढ़ में भाजपा के सुदेश धाकड़ निर्विरोध निर्वाचित हुए सीकर पाली तथा जालौर में भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए सीकर में गायत्री कंवर पाली में रश्मि सिंह तथा जालौर में राजेश राणा जिला प्रमुख बने है बांसवाड़ा में कांग्रेस की रेशम मालवीय तीसरी बार जिला प्रमुख निर्वाचित हुई

राजसमंद में भाजपा की रतनी देवी जिला प्रमुख चुनी गई डूंगरपुर में निर्दलीय सूर्या देवी की जीत हुई है अजमेर में भाजपा की बागी निर्दलीय सूर्शाल कंवर पलाड़ा निर्वाचित हुई है बूंदी में भाजपा की बागी निर्दलीय चंडावती जिला प्रमुख निर्वाचित हुई जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली आज प्रधानों की भी चुनाव हुए कई स्थानों पर भाजपा जबकि कई पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बने है कई प्रचायत समितियों में क्रॉस वोटिंग के समाचार भी मिले हैं झालावाड़ जिले में जिला प्रमुख के चुनाव कल होंगे

बाकि जिलों में कल उप जिला प्रमुख तथा उप प्रधान के चुनाव होंगे

इस अवसर पर विभिन्न धर्मग्रुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की

उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में भील का पत्थर बताया

इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह गृहमंत्री अभित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी आवासन तथा शहरी मामलों की मंत्री हरदीप सिंह प्ररी सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे

चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगां

सवाईमाधोपुर में नगरपरिषद कार्मिकों ने मास्क वितरित किये

श्री निशंक ने शिक्षकों अभिभावकों और छात्रों के शिक्षा से संबंधित सवालों के जवाब देकर उनकी आंशकाओं और चिंताओं को दूर किया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा से ही असमानता और भेदभाव दूर होगा विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया

राज्य में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी के कारण सुबह और रात में ही सर्दी का अहसास बना हुआ है